गोधन न्याय योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना आज से प्रदेशभर में शुरू हो गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित समारोह में अड़तालीस किलो गोबर खरीदकर इस योजना की शुरूआत की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि यह योजना संकट के समय में किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संजीवनी बनेगी उन्होंने कहा कि यह एक बहुआयामी योजना है जिससे बहुत सारे लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुपालकों की आय में वृद्वि तो होगी ही साथ ही पशुधन की खुली चराई पर भी रोक लगेगी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से दो रूपये किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा जैविक खाद बनाने का काम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा इनके द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट खाद को सरकार आठ रूपये प्रति किलो की दर पर खरीदेगी योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना है इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पर भी उपलब्ध होंगे प्रदेश में सुराजी गांव योजना के तहत पहले ही पांच हजार से ज्यादा गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है इनमें से दो हजार सात सौ पचयासी गौठान बन गए हैं इन्हीं गौठानों के माध्यम से गोधन न्याय योजना संचालित होगी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के साथ ही अन्य आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में गौठान बनाने का लक्ष्य रखा है

रायपुर और सरगुजा जिले में बाईस से अट्ठाईस जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा रायपुर कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है यहां बाईस से अट्ठाईस जुलाई तक विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है इस बार फल सब्जी और मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी उचित मूल्य की दुकानें चार घंटे खुलेंगी लेकिन किराना और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि जिले में सभी अतिआवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी फल सब्जी और दूध की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खोली जाएंगी पेट्रोल पम्प दोपहर तीन बजे तक ही खुले रहेंगे नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी बसें टैक्सी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा और रिक्शा का परिचालन भी बंद रहेगा रायपुर और बिरगांव नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील किया गया है

वहीं सरगुजा जिले के नगरीय इलाकों में भी बाईस से अट्ठाईस जुलाई तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान राशन दुकान और फल सब्जी की दुकानें सुबह छह से दस बजे के बीच खुली रहेंगी उधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी में तेईस से इकतीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है इस अवधि में राशन दुकान और फल सब्जी की दुकानों को सुबह छह से दोपहर बारह बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक बैंकों में न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा किसी भी रिथति में बैंक के भीतर अधिकतम पांच ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे अखबार और दूध बांटने वालों को भी सुबह छह से दस बजे तक की अनुमति होगी वहीं राजनादगांव जिले में चौबीस से उनतीस जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियां बंद रहेंगी सरकारी कार्यालय निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं राज्य शासन ने प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं लेकिन इन क्षेत्रों में पुलिस स्वास्थ्य अस्पताल फायर बिग्रेड साफ सफाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बिजली पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह ही संचालित होंगी पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आबकारी विभाग ने क्लब रेस्टॉरेंट और होटल स्थित बार रूम स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी दो अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है आबकारी विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं कोरोना कोवैक्सीन परीक्षण कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में तैयार कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किये जाने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है एम्स के डॉक्टर संजय राय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है डॉक्टर राय ने कहा कि पहले दिन ही पंजीकरण के प्रति उत्साह आश्चर्यजनक रहा एम्स में परीक्षण के पहले चरण में एक सौ स्वस्थ व्यक्तियों को कोवैक्सीन की खुराक दी जायेगी यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर राय ने कहा कि अस्पताल ने स्वयंसेवको की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कडी नियमावली तैयार की है उन्होंने बताया कि मनुष्यों पर परीक्षण का दूसरा चरण एक महीने बाद शुरू होगा

अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेशभर में बहत्तर कोरोना पॉजीटिव नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें राजधानी रायपुर के बीस मरीज भी शामिल हैं भाटागांव में आज एक ही दिन में अट्ठारह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है वहीं जांजगीर चांपा से अट्ठारह राजनांदगांव से तेरह बिलासपुर से छह जशपुर से सात दुर्ग से तीन रायगढ़ और सरगुजा से दो दो तथा कोरिया जिले से एक मरीज मिला है रायपुर स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक डीआईजी भी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है वे दो दिन पहले ही अपने गृह राज्य उत्तरप्रदेश से लौटे हैं वहीं जांजगीर चांपा के हसौद में अट्ठारह मरीजों की पुष्टि हुई है इसके बाद हसौद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है उधर रायगढ़ के रेलवे बंगला पारा से एक कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है वह अट्ठारह जुलाई को कोलकाता से विमान द्वारा लौटा था इसी तरह खरसिया ब्लॉक से भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है जो नवापारा के क्वारेंटाइन सेंटर में था इधर कोंडागांव जिले में कल रात तीन कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान हुई थी धमतरी जिले में भी एक मेडिकल छात्र और एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कल एक सौ उनसठ कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी निर्माण कार्य गुणवत्ता प्रदेश में विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग अब आम लोग भी सहजता से कर सकेंगे मुख्यमंत्री की पहल पर शासकीय निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता के मार्गदर्शन में हिन्दी भाषा में सौ बिंदुओं की चेक लिस्ट पुस्तिका प्रकाशित की गई है इस पुस्तिका में सड़क भवन नाली सहित विभिन्न निर्माण कार्यो का विवरण और सामग्री की गुणवत्ता जांच की जानकारी दी गई है यह जानकारी अभियंताओं को अपने कार्य का संपादन करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने में मददगार साबित होगी आप प्रदर्शन प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती और चौदह हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने रायपुर में एकदिवसीय आमरण अनशन और प्रदर्शन किया इस बीच पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि अपनी मांगों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आगामी छब्बीस जुलाई को प्रदेश के सभी विधायकों को उनके निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे हरेली हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस बार भी छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा गया राज्य शासन की ओर से प्रदेशभर में इस त्यौहार का जगह जगह आयोजन किया गया

रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हरेली का त्यौहार मनाया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि उपकरणों की पूजा की और गाय को लोंदी खिलाई साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें लोक कलाकारों नर्तकों और लोक गायकों ने पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों और साज सज्जा के साथ प्रस्तृति दी श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के मौके पर किसानों ने अपने खेती किसानी के औजारों और उपकरणों के साथ ग्राम देवता की पूजा अर्चना की वहीं बच्चे विशेष रूप से गेड़ी का आनंद लेते नजर आए आज ग्रामीण इलाकों के घरों के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाए गए चित्र दिखाई दिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी लोगों ने अपने मकान और दुकान के आगे नीम की पत्तियां लगाई हुई थीं हरेली का यह त्यौहार पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है मुंगेली धमतरी जांजगीर चांपा राजनांदगांव सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी हरेली पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं बस्तर दशहरा वहीं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व भी आज से शुरू हो गया है इस पर्व के शुभारंभ के मौके पर आज पाटजात्रा की रस्म अदा की गई इस दौरान ग्रामीण दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे जहां गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरानुसार पूजा अर्चना की इस विधान के साथ ही बस्तर दशहरा में विशालकाय रथ के निर्माण के लिए जंगल से लकड़ी लाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है इस अवसर पर बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दशहरा पर्व को लेकर सभी लोगों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा गौरतलब है कि इस वर्ष हिन्दू पंचांग के अनुसार एक अधिमास पड़ने के कारण इस वर्ष पंचहत्तर दिवसीय बस्तर दशहरा एक सौ चार दिनों का होगा दंतेश्वरी माई के रथ के लिए बस्तर जिले के बिलोरी गांव के जंगल से सरगी की लकड़ी लाई जाती है बस्तर दशहरे का यह पर्व कई वर्षो से मनाया जा रहा है इस साल विजयादशमी तक पर्व के दौरान विभिन्न रस्में अदा की जाएंगी यह पर्व राज्य की आदिवासी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है गणेश मूर्ति अनुमति प्रदेश में भगवान गणेश की चार फीट तक की मूर्तियां बेचने की अनुमति दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में आए एक मूर्तिकार के अनुरोध पर यह जानकारी दी मूर्तिकार ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका परिवार भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर बेचता है उन्होंने गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाई हैं और कोरोना संक्रमण के कारण मूर्तियां बेचने को लेकर दुविधा की रिथति बनी हुई है जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय छत्तीसगढ़ में कार्यरत् बाहर की एजेंसियों और प्रदायकों को प्रदेश में जीएसटी पंजीकृत व्यवसायियों से ही सामग्री की खरीदी करनी होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा है राज्य शासन ने सभी विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की दर सीएसआईडीसी के माध्यम से तय करने के साथ ही प्रदेश में जीएसटी पंजीकृत प्रदायकों से ही खरीदी करने को पहले से ही अनिवार्य कर दिया है

इस मौके पर उन्होंने महिला रक्षा टीम के लिए सौ पेट्रोलिंग स्कूटी महिला पुलिस बल को समर्पित की

कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृलपति डॉक्टर एसके पाटिल ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की

इस माओवादी पर दो ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप है